मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना के प्रसार को रोकने में सरकार का सहयोग करने का किया आग्रह ऊना मण्डी और हमीरपुर जिलों में टेली मेडिसिन केन्द्र शुरू लोगों को मिलेंगी बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद देने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की

इस बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए इनमें प्रदेश की तीन पंचायतें दो पंचायत समितियां और एक जिला परिषद को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जबकि एक पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया इसके अलावा एक पंचायत को ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार और एक अन्य पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशभर की पुरस्कार विजेता पंचायतों को बधाई भी दी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सहायता करने के साथ ही लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए धन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को ई पंचायत में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार हासिल करने के लिए बधाई दी टेली मेडिसिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के तीन जिलों में टेली मेडिसिन केन्द्रों का शुभारमभ किया उन्होंने कहा कि ऊना ज़िला के थाना कलां मण्डी के थुनाग और हमीरपुर के अवाहदेवी में पायलट आधार पर शुरू किए गए ये टेली मेडिसिन केन्द्र संबंधित क्षेत्रों के लोगों को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे

उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों से स्थानीय लोग सीधा पीजीआई चण्डीगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सकों से जुड़ कर परामर्श ले सकेंगे अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कम से कम हर तीन जिलों के बीच एक मैमोग्राफी सेंटर खुलवाने व हमीरपुर बिलासपुर और ऊना में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करवाने का मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया

हिमाचल प्रदेश वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने प्रशासन से भेड़ पालकों को हर संभव सहायता और राहत मैनुअल के तहत उचित मुआवज़ा प्रदान करने का आग्रह किया है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

इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज़ ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज आन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िला के बरनोह में ज़ोनल पशु चिकित्सालय का श्भारम्भ किया उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पश् पालकों को आध्रनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

इनमें से दो ने अपना कार्यभार संभाल लिया है

इस कार्य के लिए एक रिसर्च सैंटर भी स्थापित किया जाएगा कांग्रेस कोरोना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्व की भांति कोरोना की इस दूसरी लहर में भी लोगों की सेवा व सहायता करने को कहा है प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ वचुर्अल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने तनमन से लोगों की सेवा करने का कार्यकर्ताओं से आहवान किया

इस बीच शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कुलदीप राठौर ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने पहले दौर के कोरोना के बाद सरकार पर विशेषज्ञों की सलाह को नज़र अंदाज करने का आरोप भी लगाया बागवान नुकसान मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने सरकार से बेमौसमी बर्फबारी से सेब बाहुल्य क्षेत्रों में हुए नुकसान को लेकर बागवानों व किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग की है इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि इससे बागवानों के साथ साथ प्रदेश की आर्थिकी को भी भारी नुकसान हुआ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेश सरकार से किसानों व बागवानों के नुकसान का तुरंत आंकलन कर राहत देने की मांग की है शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार बद्री सिंह भाटिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है सोलन जिले के अर्की निवासी भाटिया का आज दिल्ली में निधन हो गया

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार के सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हुई बर्फबारी व वर्षा के बाद आज लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा लाहौल स्पीति जिले में अच्छी धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली जिले में भारी बर्फबारी से बाधित सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है ज़िला उपायुक्त पंकज रॉय ने बर्फबारी से प्रभावित जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाने के विभागों को निर्देश दिए हैं किन्नौर ज़िले में बर्फबारी और बारिश के कारण सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है बर्फ से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं